कैबिनेट मंत्री किशन कपूर हरोली महेंन्द्र सिंह ठाकुर चंबा सुरेश भारद्वाज अर्की अनिल शर्मा घुमारवी सरवीण चौधरी शिलाई रामलाल मारकंडा ठियोग विपिन परमार जसवा परागपुर वीरेन्द्र कंवर बल्ह गोंबिंद ठाक्र नादौन और राजीव सहजल कुल्लू में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे इस दौरान जनता की समस्यायें सुनकर उनका मौके पर ही निपटारा करने के प्रयास किये जायेंगे मौसम की खराबी के चलते किन्नौर और लाहौल स्पिति में जनमंच कार्यक्रम नहीं होंगा खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सामाजिक जागरूकता लाने में अहम भूमिका निभा रहा है धर्मशाला रिथत कॉलेज में कल अभियान के तहत आयोजित ज़िला स्तरीय जागरूकता कार्यशाला में उन्होंने कहा कि इससे लिंगानुपात में भी सुधार आने लगा है किशन कपूर ने कहा कि अभियान के तहत लिंगानुपात में समानता के लिए समाज के हर वर्ग को अपना सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने नागरिकों को बेहतर सेवायें देने के लिए सरकार द्वारा सभी स्तरों पर कार्यों के नियमित अनुश्रवण की आवश्यकता पर बल दिया है शिमला में कल सचिवों की समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रदेश को देश के अन्य राज्यों की तुलना में सुशासन के लिए लगातार पहले स्थान पर आंका गया है बैठक में सरकार की प्रमुख घोषणाओं आश्वासनों बजट व सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों सहित विभिन्न सेवाओं को लेकर सभी निदेशालयों और फील्ड कार्यालयों की हर महीने समीक्षा करने का भी निर्णय लिया गया

कसौली निर्वाचन क्षेत्र की जाबली पंचायत के कोट गांव में नवनिर्मित सामुदायिक भवन के लोकार्पण के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये जानकारी दी नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिये राज्य महिला आयोग ने प्रदेश के सभी ज़िलों व क्षेत्रीय अस्पतालों में नशा निवारण केंद्र स्थापित करने का सुझाव दिया है आयोग के सदस्य सचिव संदीप नेगी ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की कई घटनायें विशेष रूप से नशीले पदार्थो के कारण होती हैं

पहली उड़ान भुतंर लोसर संगनम भुंतर दूसरी उड़ान भुंतर तिंदी तिगरेट भुंतर और तीसरी उड़ान भुतंर संटींगरी रावा भुंतर के बीच होगी ये सभी उड़ाने मौसम पर निर्भर करेंगी प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में कल रात रूक रूक कर हिमपात जबकि अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा हुई हालांकि आज ज्यादातर भागों में बादल छाये हुये हैं इस हिमपात व वर्षा से समूचे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है जनजातीय जिला लाहौल स्पिति के कुछ इलाकों में बर्फबारी से सड़क संचार व्यवस्था सहित सड़कें बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं मौसम विभाग ने उंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है और मध्यवर्तीय व निचले इलाकों में कई स्थानों पर गरज के साथ वर्षा व ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है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 अमर उजाला की सुर्खी है महामृत्युंजय जाप के दौरान मिली बर्फ में दबे जवान के शहीद होने की सूचना जमीन खरीदने को सरकार से इजाजत की जरूरत नहीं शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचली कृषकों की फर्म के लिए हाईकोर्ट ने दी व्यवस्था

पंजाब केसरी के शब्द हैं टीसीपी व प्लानिंग एरिया से बाहर होंगे ग्रामीण क्षेत्र दैनिक जागरण का शीर्षक है बाहर होंगे योग्यता पूरी न करने वाले एसएमसी शिक्षक मौसम पर आपका फैसला की सुर्खी हैं ऊपरी हिमाचल में भारी बर्फबारी का दौर हाई अलर्ट हिमखंडों के गिरने का खतरा बढ़ा अजीत समाचार के मुताबिक प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात व वर्षा पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में